रक्षा संबंघों को बढ़ाने के लिए टू प्लस टू बार्ता भी होगी शुरू

उच्चतम न्यायालय अयोध्या भूमि विवाद मामले पर अगले वर्ष जनवरी में करेगा सुनवाई भारत और जापान ने कल छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच टोकियो में शिखर बैठक के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए तेरहवीं वार्षिक द्विफ्कीय शिखर बैठक के बाद दोनों फक्रों ने रक्षा और विकास परियोजनाओं से जुड़ी दो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं खा क्षेत्र में दोनों देशों के खा और विदेश मंत्रियों के बीच टू प्लस टू वार्ता की व्यवस्था कायम करने के बारे में सहमति जताई गई प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ट्र प्लस ट्र की नई व्यवस्था का उद्देश्य विश्वशांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना है भारतीय नौसेना और जापान की मेरीटाइम सेल्फ डिफॅस सोर्स के बीच सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोनों पक्षों ने सात येन ऋण वाली परियोजनाओं के प्राक्यानों के बारे में एक दूसरे के अनुमवों को साझा किया इन परियोजनाओं में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट का तीसरा चरण पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क सुधार परियोजना और चेन्नई पेरीफेरल रिंगरोड का निर्माण शामिल है इनके लिए तीन खरब सोलह अरब येन के ऋण का प्राक्वान है इससे पहले मेक इन इंडिया डिजिटल भागीदारी और अफ्रीका में भारत जापान भागीदारी पर एक व्यापारिक संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में उद्योग लगाने के लिए भारत न केवल जापान के बड़े व्यापार घरानों का स्वागत करता है बल्कि मक्यम लघू और सूक्म उद्यमों का भी स्वागत करता है श्री मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए विश्व में सबसे आकर्षक स्थल बना रहेगा जापान यात्रा के आखिरी दिन कल मेक इन इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप एंड इंडो जापान पार्टनरशिप इन अफ्रीका पर एक संगोष्ठी में श्री मोदी ने ये बात कही उन्होंने बताया कि भारत विश्व बैंक के ईज ऑफ डूईग बिजनेस रिपोर्ट में सौवें स्थान पर पहुंच गया है

अब हम सौंची रैंक पर पहुंचे हैं और अभी भी लगतार प्रयास करके इस रैंकिंग में सुधार के लिए बहुत व्यापक स्तर पर सेंट्रल गवमेंट के स्तर पर स्टेट गवमेंट के स्तर पर लोकल बॉडी के स्तर पर हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में कारोबार करने के माहौल में और तेजी से सुधार होगा क्योंकि केन्द्र सरकार राज्यों और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है भारत को मैन्यूफैक्चरिंग एवं रिसर्च के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं

भारत आने वाली हर बड़ी कंपनी का तो स्वागत है ही पर एमएसएम ई के जरिए भी जापानी बिजनेस लीडर्स अपने व्यवसाय को नई ऊंचाईयों तक ले जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इक्यावन प्रयागराज कृंम शटल बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि यात्राएं आदिकाल से विकास का प्रमुख कारक रही है और प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर परिवहन सुक्विाएं देने के लिए कृतसंकल्पित है इस अवसर पर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अतर्राज्यीय बस सेवाओं को सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये समझौते के अनुसार दो सौ सोलह मार्गो पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उत्तराखंड में एक लाख उन्तालीस हजार इकहत्तर किलोमीटर तथा उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के तीन सौ पैंतीस मार्गो पर कूल दो लाख बावन हजार पांच सौ बान्नये किलोमीटर मार्गो पर बसों का संचालन किया जायेगा कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत और दोनों प्रदेशों के परिवहन मंत्री भी मौजूद थे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार दो हजार अट्ठारह के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि तीस अक्टूबर से बढ़ाकर तीस नवम्बर कर दी है यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अक्सर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के पास जो ज्ञान और विज्ञान है वह दुनिया में किसी के पास नहीं है भारत विश्व गुरू था और आज फिर से विश्व गुरू बनने की ओर बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि इसके लिए देश की अर्थ व्यवस्था में आवश्यक तेजी भी आ रही है श्री सिंह ने कहा कि भारत का गौरव भारत में भारतीयता में और सांस्कृतिक एकजुटता में है जीवन में प्रगति के लिए ज्ञानार्जन ही सब कुछ नहीं अच्छे संस्कार और मनोमाव का होना भी बहत जरूरी है क्विार बुद्दि से नहीं बल्कि मनोमाव से पैदा होते हैं उन्होंने कहा कि बुरे मनोमाव जीवन के लिए अत्यन्त घातक होते हैं इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि डिग्री पाने वाले छात्रों की दृष्टि से लगभग सवा छह लाख छात्र छात्राओं को डिग्रिया बांटकर आगरा विश्वविद्यालय सबसे आगे हैं उन्होंने कहा कि पदक हासिल करने वालों में अस्सी से पच्चासी प्रतिशत छात्राओं का होना महिला सराक्तिकरण का शुभ संकेत हैं इस अवसर पर चार डीलिट एक सौ ग्यारह पीएवडी चौरानवे एमफिल उपाधियों के साथ अन्य पदक और डिग्रियां वितरित की गई उच्चतम न्यायालय ने कल कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपीलों की सुनवाई की तारीख न्यायालय की एक उचित पीठ अगले वर्ष जनवरी में तय करेगी इन अपीलों में भूमि विवाद मामले में दो हजार दस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अच्छा होता कि न्यायालय में इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई जल्द शुरू हो जाती उन्होंने कहा कि इस मामले में देरी होना अच्छे संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने भी सुनवाई में देरी के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू करने की समय सीमा इक्कतीस अक्टूबर निर्वारित की थी और पश्विम के अधिकांश जिलों में गन्ना किसान पेराई जल्द शुरू करवाये जाने की लगातार मांग कर रहे थे प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी समाचार से किशेष बातचीत में बताया कि मोदीनगर की चीनी मिल में पेराई का काम दो दिन पहले ही शुरू हो चुका है और अगले सप्ताह तक अधिकांश चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो जायेगी

प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त एवं आत्मनिर्मर बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चालू कित्तीय वर्ष में सत्ताईस हजार छः सौ सोलह नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और पन्द्रह हजार छः सौ पन्वानबे स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई पिछले क्तीय वर्ष में उन्वास हजार तीन सौ बहत्तर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था और अट्ठारह हजार एक सौ बावन स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध कराई गई थी